अटल विकास यात्रा मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिह ने कहा है कि आने वाले दो महीनों में बस्तर क्षेत्र का हर घर रोशन होगा बिजली पहुंचाने के लिए एक एक गांव को लक्ष्य में रखकर कार्ययोजना बनाई गई है प्रदेशव्यापी अटल विकास यात्रा के दूसरे चरण में आज मुख्यमंत्री ने दंतेवाड़ा जिले के बारसूर में आयोजित आमसभा को सम्बोधित करते हुए यह घोषणा की डॉक्टर सिंह ने लोगों को शुद्ध पेयजल और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने का भी भरोसा दिलाया डॉक्टर सिंह ने एक सौ सैंतीस करोड़ रूपये के विभिन्न विकास कार्यो का लोकार्पण भूमिपूजन और शिलान्यास भी किया इसी कड़ी में मुख्यमंत्री आज बीजापुर जिले के भैरमगढ़ पहुंचे जहां उन्होंने एक सौ इंक्यावन करोड़ रुपए के छत्तीस विकास कार्यो का लोकार्पण भूमिपूजन और शिलान्यास किया आमसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने भट्टीगुड़ा में स्टाप डैम और केनाल निर्माण की घोषणा की डॉक्टर सिंह ने बताया कि जिले में उनतीस और तीस सितंबर को मेगा स्वास्थ्य शिविर में मरीजों का निःशुल्क उपचार किया जाएगा मुख्यमंत्री ने भोपालपटनम से वारंगल मार्ग पर ग्राम रामपुरम में चिंताबाबू नदी पर बने पुल का लोकार्पण भी किया इसके बन जाने से बीजापुर से तेलंगाना और महाराष्ट्र पहंचने में आसानी होगी इसके बाद मुख्यमंत्री ने सुकमा में भी आमसभा को संबोधित करने के साथ ही ग्रामीणों को विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं के तहत सामग्री और सहायता राशि वितरित किए मांझी चालकी मानदेय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बस्तर संभाग के आदिवासी समाज प्रमुखों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की है प्रदेशव्यापी अटल विकास यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री बीती रात जगदलपुर में आयोजित आदिवासी समाज प्रमुखों के सम्मेलन में शामिल हुए इस दौरान उन्होंने मांझियों का मानदेय दो हजार से बढ़ाकर ढाई हजार रूपए मेम्बरिनों का मानदेय एक हजार से बढ़ाकर डेढ़ हजार रूपए और बजनियों का मानदेय पांच सौ से बढ़ाकर एक हजार रूपए किए जाने का ऐलान किया डॉक्टर सिंह ने आदिवासी समाज प्रमुखों की मांग पर सभी मांझियों और मेम्बरिनों को संचार क्रांति योजना के तहत निःशुल्क स्मार्ट फोन देने की भी घोषणा की प्रधानमंत्री स्वच्छता आव्हान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए लोगों का स्वच्छता के काम में फिर जुट जाने का आव्हान किया है श्री मोदी ने एक ट्वीट में लोगों को स्वच्छता ही सेवा अभियान में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में पिछले चार वर्ष पहले स्वच्छता की कवरेज चालीस प्रतिशत भाग में थी जो अब बढ़कर नब्बे प्रतिशत से अधिक हो गई है उन्होंने कहा कि कुछ ही लोगों ने कल्पना की होगी कि चार वर्ष के भीतर नौ करोड़ शौचालयों का निर्माण होगा और साढ़े चार लाख गांवों को खुले में शौच से मुक्त किया जाएगा श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छता अभियान अब चरम पर है और देश के हर वर्ग और आयु के लोग इस अभियान से जुड़े हए हैं हमें देश के हर कोने में सफाई का यह स्वभाव हर महीने हर वर्ष मनाते रहना होगा चार वर्ष पहले जो अभियान शुरू हुआ स्वच्छता का आन्दोलन अब एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर आ पहुंचा है आज आप सब के पुरुषार्थ और संकल्प का परिणाम है कि स्वच्छता का कवरेज नब्बे परसेंट से ज्यादा हआ प्रधानमंत्री ने कहा कि जब स्वच्छता अभियान का इतिहास लिखा जाएगा तो स्वच्छाग्रहियों के नाम का उल्लेख स्वर्णिम अक्षरों में किया जाएगा उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये नई दिल्ली से पखवाड़े भर के स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ किया था मुख्यमंत्री स्वच्छता आव्हान इस बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी सभी नागरिकों से स्वच्छता को अपने जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाने का आव्हान किया है उन्होंने आज सुबह जगदलपुर के शहीद उद्यान में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के दूसरे दिन नागरिकों के साथ झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया उन्होंने वहां मौजूद सभी नागरिकों को स्वच्छता की शपथ दिलाई डॉक्टर सिंह ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन प्रधानमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता का मिशन है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप प्रधानमंत्री ने पूरे देश में स्वच्छता की जो अलख जगाई है उसे छत्तीसगढ़ ने भी अपनाया है राज्य में स्वच्छता अभियान जन आंदोलन बन चुका है इसमें और भी अधिक व्यापक जनभागीदारी की जरूरत है उन्होंने कहा कि स्वच्छता से हमारी आदतों और सोच में बदलाव आता है उन्होंने लोगों से स्वच्छता को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का भी आव्हान किया वहीं बलौदाबाजार के पंडित चक्रपाणि शुक्ल हाईस्कूल मैदान में भी स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल ने यहां झाड़ू लगाकर लोगों को सफाई का संदेश दिया

इसी के साथ बिलासपुर छत्तीसगढ़ का पहला शहर बन गया है जहां उत्पन्न शत प्रतिशत कचरे का निपटान वैज्ञानिक तरीके से किया जा सकेगा कछार गांव में बने इस संयंत्र का उद्घाटन नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल ने किया पैंतीस करोड़ रुपये की लागत वाले इस संयंत्र के जरिये हर दिन दो लाख किलो कचरे का निष्पादन किया जा सकेगा मोहनलाल जैन निधन दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद मोहनलाल जैन उर्फ मोहन भैया का आज भिलाई में निधन हो गया चौरासी वर्षीय श्री जैन लंबे समय से बीमार थे भिलाई के सेक्टर नौ अस्पताल में आज सुबह करीब छह बजे उन्होंने अंतिम सांस ली उनकी अंतिम यात्रा आज दोपहर बाद दुर्ग स्थित निवास स्थान से हरना बांधा मुक्ति धाम के लिए निकाली गई श्री जैन स्वयं सेवक के रूप में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े हुए थे वे दुर्ग नगर पालिका में पार्षद भी रहे हैं आपातकाल के दौरान वे जेल में भी रहे इसके बाद वर्ष उन्नीस सौ सतहत्तर में मोहन भैया दुर्ग लोक सभा क्षेत्र से जनसंघ से निर्वाचित हुए अपने शोक संदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मोहन भैया के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है मुख्यमंत्री ने कहा है कि मोहन भैया के नाम से लोकप्रिय श्री जैन एक सजग और कर्मठ जनप्रतिनिधि थे और उन्होंने जनसमस्याओं के निराकरण की दिशा में सार्थक प्रयास किए मुख्यमंत्री ने उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की है जहरीला गैस रिसाव मौत जशपुर जिले के पत्थलगांव में निर्माणाधीन शौचालय के सेप्टिक टैंक में सफाई करने उतरे पांच लोगों की मौत हो गई मरने वालों में मकान मालकिन भी शामिल है बताया जाता है कि इन लोगों की मौत जहरीली गैस के रिसाव से हुई यह घटना फरसाबहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत पंडरीपानी की है मिली जानकारी के मुताबिक टंकी की सफाई करने के लिये सबसे पहले दो लोग अंदर घुसे थे काफी देर बाद भी जब ये टंकी से बाहर नहीं निकले तो दो अन्य मजदूर टंकी में उतरे ये दोनों भी जब बाहर नहीं निकले तो मकान मालकिन भी टंकी के भीतर उतरी लेकिन वो भी अंदर से बाहर नहीं निकल सकी बताया जाता है कि जहरीली गैस की चपेट में आकर दम घुटने से इन सभी की मौत हो गई दुर्घटना जगदलपुर रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीती देर रात हुई एक सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई इस हादसे में उनतीस अन्य लोग घायल हुए हैं जिनमें से पांच की हालत गंभीर बताई जाती है मिली जानकारी के मुताबिक एक शोक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद ये ग्रामीण जब वाहन में सवार होकर कोदाभाटा गांव लौट रहे थे इसी दौरान मांझीगुड़ा के पास एक ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश में यह वाहन सड़क किनारे लगे एक होर्डिंग से जा टकराया इस हादसे में वाहन चालक और दो महिलाओं ने मौके पर ही दम तोड़ दिया घायलों का इलाज जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है माओवादी गिरफ्तार धमतरी जिले में पुलिस ने एक लाख रूपये के इनामी माओवादी को गिरफ्तार किया है इसके पास से एक भरमार बंदूक और माओवादी वर्दी भी बरामद हुई है पुलिस के अनुसार धनीराम नेताम नाम का यह प्रतिबंधित चेतना नाटय मंच के मलागीर शाखा का अध्यक्ष था जबरा के जंगल के पास इस माओवादी माओवादी ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की इसी दौरान इसे गिरफ्तार कर लिया गया किसान अधिकार यात्रा किसानों की आठ सूत्रीय मांगों को लेकर जगदलपुर से निकाली गई किसान अधिकार यात्रा में धमतरी जिले के किसान भी शामिल हो रहे हैं राष्ट्रीय किसान परिषद के बैनर तले निकाली गई इस यात्रा के जरिये किसान पैदल मार्च करते हुए राजधानी रायपुर पहुंचेंगे यह यात्रा धान का समर्थन मूल्य बढ़ाकर ढाई हजार रूपये करने किसानों की कर्जमाफी फसल बीमा की पूरी रकम तत्काल देने और डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर निकाली जा रही है